केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैम्पियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री को अतंर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका और दो हजार बाईस तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग समात करने के अमृतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संख्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिये सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछुआरों और किसानों के प्रति सम्मान है चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते है ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकल रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा रहा है ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायु और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है अगर संस्कृति का जोर पर्यावरण पर नहीं हो तो आपदाओं से बचा नहीं जा सकेगा मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भास्तीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं कि क्योंकि क्लाइनेट और क्लेमिटी का कल्वर से सीवा रिस्ता है क्लाइनेट की चिंता जब तक कल्वर का हिस्सा नहीं होती तब तक क्लेमिटी से बच पाना मुरिकल है पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है ये हजारों वर्षो से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासविव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समझते है और जलवायु से मिलने वाले फायदों को जानते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि श्री मोदी का हमेशा यह विश्वास रहा है कि देश विकास के पथ पर चलते हुए पर्यावरण को संरक्षित रख सकता है उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के नेतृत्व का उचित सम्मान है ये पुरस्कार उस असाधारण नेतृत्व का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ विश्व को भी प्रदान कर रहे है ये पुरस्कार उस संकल्प का सम्मान है जो विश्व को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था

आर्थिक मामलों की केन्द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए रवी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है कल शाम नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददातओं से बातवीत में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह र्न कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक है

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है श्री प्रसाद ने कहा कि अधिसुचित फसतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले से किसानों को बासठ हजार छह सौ पैंतीस करोड़ रूपए की अतिरिक्त आमदनी होगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अग्वाई में जो भारत के किसानों के सराक्रिकरण और आय के अतिरिक्त आमदनी के प्रावधान का हमारा संकल्प है आज का निर्णय उसी को एक प्रकार से चरितार्थ करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ता समाज का महत्वपूर्ण एव प्रबुद्ध वर्ग होता है वह अपने कार्य एव व्यवहार से समाज का नेतृत्व करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सजग प्रहरी के रूप में न्याय दिलाता है प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के हितों का संख्यण प्रदान करेगी तथा उनकी समस्याओं का सम्यक समाधान करेगी उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ साथ वादकारियों के हितों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जायेगा और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में हर संभव कार्य किया जायेगा मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता एसोसिएशन के शताब्दी समारोह को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोवित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है स्वच्छ भारत मिशन जनान्दोलन बन चुका है और इस मिशन के कारण इंसेफलाइटिस का ग्राफ नीचे आया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की नई नई योजनाए संचालित कर रही है और लामार्थियों के खाते में सीवे धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है ताकि बिचौलियों का प्रवेश न हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्याक्रण सम्मान चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड दिये जाने पर बधाई दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पर्यावरण के प्रति एक स्पष्ट विजन है जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है उन्होंने कहा कि प्रघानमंत्री के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत की पहचान विश्व पटल पर देखने को मिल रही है उनके प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इक्कीस जून को अतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इसी प्रकार यूनेस्को द्वारा कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन तथा नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छ और संत्रलित पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कराने का सफल प्रयास किया है स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी की गई है

उन्होंने कहा कि बीएसपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंघन करेगी लेकिन कांग्रेस के साथ उसका गठबंघन नहीं होगा कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस की रुवि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने से ज्यादा उनकी पार्टी को कमजोर करने में है सुश्री मायावती ने कहा कि गठबंधन की ताजा घटनाओं के संबंध में कांग्रेस पार्टी के दुखद रवैये के परिणम स्वरूप ही बीएसपी ने छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है राजस्थान व मध्यप्रदेश में भी बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी इससे पहले सुश्री मायावती ने घोषणा की थी कि बीएसपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी प्रदेश सरकार ने जेल कर्मचारियों को पुष्टाहार भत्ता देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा लखनऊ में कारागार प्रशिक्षण संस्थान परिसर में नवनिर्मित कारागार मुख्यालय भवन के लोकार्पण अवसर पर की उन्होंने कहा कि जेल में बद हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता कई बार राजनैतिक आन्दोलन के कारण भी जेल जाना पड़ता है उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुराने कारागारों में देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का लम्बा इतिहास है इन कारागारों में उन सेनानियों की कहानी जिन्दा है जो भीषण यातनाएं सहने के बावजूद विवलित नहीं हुये इनके कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास और उससे संबंधित दस्तावेजों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित कारागार मुख्यालय में म्यूजियम और कैदियों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी का भी शुमारम्म किया